पाले तथा शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान की जिला कलेक्टरों से फिर रिपोर्ट मंगायेगी सरकार

विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टैस्ट और एकदिवसीय दोनों टीमों के कप्तान बनाये गये

श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय का भारत के शोध अनुसंधान और नवान्वेषण में बड़ी भूमिका निभाने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्ट अप स्टैंड अप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं

ये पुरस्कार बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार की दो श्रेणिर्यो में दिये गये

इनमें नवाचार शैक्षिक खेलकूद कला और संस्कृति समाजसेवा और बहाद्री के लिए एक संयुक्त पुरस्कार भी शामिल है राजस्थान की जयपुर निवासी अनिका जैमिनी को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया अनिका पिछले साल अपनी बहाद्री और चतुराई के बल पर अपहर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल हो गई थी बाल शक्ति पुरस्कार में एक लाख रुपये नगद पुस्तकों के लिए दस हजार रुपये मूल्य के वाउचर और प्रमाणपत्र दिये गये

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा थे

इससे पूर्व श्री नड्डा एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया

श्री मेघवाल ने सदन को बताया कि अन्य जिलों में शीतलहर तथा पाले से नुकसान होने संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हई है

वित्तीय संसाधन के आधार पर बकाया परिलाभों को उनकी वरीयता के अनुसार दिया जायेगा श्री खाचरियावास ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है जो यह जांच करेगी कि निगम को इतना घाटा क्यों हुआ उन्होंने कहा कि लोक परिवहन सेवा के परमिट पर रोक लगा दी गयी है

शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता ग्रुलाब चंद कटारिया ने कहा कि लम्बे समय से आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है तथा हाल में केंद्र सरकार द्वारा संविधान संयोधन करने के बाद अब कई राज्यों में भी आरक्षण के इस प्रावधान को लागू कर दिया गया है अतः इसे राज्य में भी लागू किया जाना चाहिए इसी तरह प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड ने गुर्जरों सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का मसला उठाया इस पर हस्तक्षेप करते हुए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि गुर्जर आरक्षण मामले पर राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसकी गुत्थी सुलझाने का काम करेगी

श्री लाटा ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी उप महापौर मनोज भारद्वाज को एक मत से हराया

आज महापौर पद के लिए उप चुनाव हुआ था गौरतलब है कि तत्कालीन महापौर अशोक लाहोटी के विधायक चुने जाने के बाद यह पद खाली हो गया था वहीं हनुमानगढ जिले के नोहर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नीलम जोशी विजयी रही हैं

इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने सिक्का उछाल कर फैसला किया जिसमें नीलम जोशी विजयी रही

ब्यूरो के उप महानिरीक्षक सवाईसिंह गोदारा ने बताया कि आरोपी जमीन की तरमीन करने की ऐवज में एक लाख रूपये की मांग कर रहा था

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के फैसलो से आम जनता को लाभ पहुंचा है उन्होंने केन्द्र सरकार के संवर्णो को आरक्षण देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनहित का निर्णय बताया

श्री बंसल लोकसभा च्नाव के मद्देनजर संगठनात्मक तैयारियों के लिये आयोजित अजमेर शहर और देहात कांग्रेस की बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सभी का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करना होना चाहिए परस्पर मनमुटाव और गुटबाजी से संगठन को नुकसान हो सकता है

प्रतापगढ और धौलपुर में बेटी बचाओ बेटी पढाओं अभियान के तहत चलाये जा रहे जन जागरूकता सप्ताह के दौरान आज विद्यालयों की बालिकाओं की रैली और साईकिल रैली निकाली गई

कुछ स्थानों पर ओले गिरने और कई स्थानों पर बारिश होने से ठण्ड का असर एक बार फिर से बढ़ गया है

धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मावठ से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और फसलों को फायदा होने का अनुमान है